जापान थाईलैंड अमरीका और चीन के बाद विभिन्न प्रकार के संक्रमणों की सफलतापूर्वक पहचान करने वाला भारत पांचवां देश बन गया है कोविड नाइन्टीन से निपटने के लिए टीके और दवाएं तैयार करने संबंधी अनुसंधान के वास्ते यह महत्वपूर्ण कदम है भारतीय चिकित्सा अनुसंघान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने बताया कि परिषद कोविड नाइन्टीन से निपटने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा अन्य विभागों के साथ मिलकर काम कर रही है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने अब तक लगभग पांच हजार नौ सौ लोगों के साढ़े छह हजार से ज्यादा नमूनों की जांच की है जिसमें से तिरासी मामलों में वायरस के संक्रमण का पता चला है सरकार ने अगले एक सौ दिन तक फेसमास्क और हैण्ड सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु घोषित कर दिया है इसका उद्देश्य इन वस्तुओं की आपूर्ति बढाना और जमाखोरी रोकना है कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के उपायो के तहत यह निर्णय लिया गया है केन्द्र ने सर्जिकल मास्क हैण्ड सैनिटाइजर और दस्ताने की उपलब्धता और कीमतों पर नियमन के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू कर दिया है दो और तीन प्लाई के सर्जिकल मास्क तथा एन नाइन्टीफाइब मास्क और हैण्ड सैनिटाइजर को आवश्यक वस्त अधिनियम उन्नीस सौ पचपन के तहत लाया गया है इससे राज्यों को इनके उत्पादन वितरण और कीमतों पर नियमन तथा इनकी जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने में मदद मिलेगी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से सुरक्षित रहने के लिए समी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से कहा है कि बड़ी समाओं में हिस्सा लेने से बचें यदि किसी व्यक्ति को खांसी और बुखार आने लगे तो अपने को अन्य लोगों से अलग कर लें आंख नाक और मृंह को बिना हाथ धोये स्पर्श न करें हांथों को बार बार साइन पानी से धोए या अल्कोहल मिश्रित पदार्थ से हाथ मलें खांसते और छींकते समय नाक और मृंह पर रूमाल अथवा टिश्य पेपर रखना चाहिए इस्तेमाल किये गये टिश्यू पेपर तत्काल बंद डिब्बों में फेंके जाने चाहिए ब्खार आने सांस लेने में कठिनाई होने और खांसी की स्थिति में तत्काल डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए चिकित्सक के पास जाते समय मास्क पहनें या मुंह और नाक को कपड़े से ढककर रखें

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिक बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों तथा इस आपदा में मरने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त की है उन्होंने कहा है कि सरकार की स्पष्ट नीति है कि बिना किसी भेदभाव के हर पीड़ित और जरूरतमंद को सहायता जरूर पहुंचे उन्होंने कहा कि एक सप्ताह मे सभी पीडि़तों को सहायता राशि उपलब्ध करा दी जायेगी मुख्यमंत्री आज जौनपुर जिले के करंजाकला विकास खण्ड परिसर में आयोजित सहायता वितरण शिविर में मृतकों के आश्रितों और किसानों को सहायता राशि प्रदान करने के बाद लोगों को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि सरकार संकट की घड़ी में पीड़ितों के साथ खड़ी है मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में आठ लाख पैंतालिस हजार हेक्टेयर फसलों का नुकसान हुआ है और दस लाख किसान प्रभावित हुये हैं केन्द्रीय उद्यमिता व कौशल विकास मंत्री महेन्द्रनाथ पाण्डेय ने कहा है कि अयोध्या के आईटीआई को मॉडल आईटीआई बनाया जायेगा इसके लिये भारत सरकार दस करोड़ रूपये देगी श्री पाण्डेय आज अयोध्या में रामलला का दर्शन करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि आईटीआई में जो भी प्राने ट्रेड हैं उन सब को आध्निक बनाया जायेगा साथ ही नये ट्रेड भी खोले जायेंगे बातचीत के क्रम में उन्होंने देशवासियों से कोरोना वायरस को लेकर सतर्कता की अपील भी की केन्द्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में तीन रुपये प्रति लीटर की वृद्वि की है हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट के कारण पेट्रोल और डीजल की कीमत पर इसका मामूली असर पड़ेगा केन्द्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने आज चन्दौली के पड़ाव स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और स्थल के निर्माण के लिये प्रदेश सरकार की सराहना की रेलमंत्री ने स्मृति स्थल में पंडित दीनदयाल के जीवन की विभिन्न घटनाओं और संदेशों से जुड़ी वॉल पेंटिंग संदेशों टिकट घर वाटर फॉल ओपेन थिएटर सहित सभी स्थलों का निरीक्षण किया